मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा ज़िला के फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र में आज विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए बाद में उन्होंने फतेहपुर के रैहन स्टेडियम में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज सम्मेलन का श्भारम्भ भी किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजा का तालाब के लिए उप तहसील की घोषणा भी की

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों से भारत ने कोरोना महामारी पर सफलतापूर्वक काबू पाया और इस दौरान देश आत्मनिर्मरता की ओर अग्रसर हुआ है

उन्होंने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह किया मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रदेश में चार नगर निगमों और फतेहपुर विधानसभा के उपचुनाव में सहयोग का अनुरोध भी किया इस मौके ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर वन मंत्री राकेश पठानिया परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सांसद किशन कपूर व इंदु गोस्वामी सहित विधायकगण व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकर ने ये जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री का इस राशि के लिए आभार जताया है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार राज्य के चहंमुखी विकास के लिए आपसी तालमेल से कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण से प्रदेश में ही छात्रों का उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा का सपना साकार होगा

शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज कुल्लू में स्वर्णिम रथ यात्रा के संबंध में हुई ज़िलास्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के दौरान चयनित स्थानों पर समारोहों का आयोजन किया जाएगा जिनमें विविध गतिविधियों का आयोजन होगा

इसके अलावा मनाली व कसोल में अंतर्राष्ट्रीय फूड फैस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें स्थानीय पारम्परिक व्यंजन परोसे जाएंगे मारकंडा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल स्पीति जिला को सांस्कृतिक धार्मिक और सहासिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा कुल्लू में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि अटल टनल रोहतांग लाहौल घाटी के लिए बहुत बड़ा वरदान है जिससे भविष्य में घाटी के लोगों की आर्थिकी और जीवन स्तर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा मारकंडा ने कहा कि सिस्सु केलंग दारचा मयाड़ मिनी मनाली और तिंदी में सैलानियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुजन कर इन्हें विकसित किया जाएगा

मारकंडा ने कहा कि घाटी में सैलानियों के ठहरने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए होम स्टे योजना को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री के शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के पंजीकरण की कल अंतिम तिथि है इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का चौथा संस्करण होगा और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एग्ज़ाम वॉरियर अभियान का एक हिस्सा है जो छात्रों के लिए तनाव मुक्त वातावरण का सृजन करता है छात्र इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सरकारी वेबसाइट माई गोव पर इनोवेट इंडिया डॉट माई गोव डॉट इन में पंजीकरण करा सकते हैं

इनमें धर्मशाला पालमपुर मण्डी और सोलन नगर निगम व शिमला ज़िले की चिड़गांव व नेरवा कुल्लू ज़िला की आनी व निरमण्ड सोलन ज़िले की कंडाघाट और ऊना ज़िले की अम्ब नगर पंचायतें शामिल हैं

अधिसूचना जारी होने के साथ ही संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है

बिक्रम उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टेरेस में एक औद्योगिक इकाई का शुभारंभ किया जिससे करीब चालीस लोगों को रोजगार मिलेगा ये इकाई विशेष रूप से मिनरल वाटर सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक्स का उत्पादन करेगी इस अवसर पर बिक्रम ठाकुर ने कहा कि संसारपुर टेरेस में उद्योगों के लिए सभी मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं और इसके साथ लगते बढ़ाल गांव में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसति करने की प्रक्रिया जारी है उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह की अन्य औद्योगिक इकाईयों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा सचिव केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष लीखी ने आज सोलन जिले में धर्मपुर विकास खंड के चाबल गांव में किसानों से विचार विमर्श किया उन्होंने गांव में प्रगतिशील किसानों द्वारा की जा रही लीलियम और कारनेशन फूलों की खेती का निरीक्षण भी किया इस अवसर पर अभिलक्ष लीखी ने कहा कि केन्द्र सरकार कृषक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक योजनाएं कार्यन्वित की जा रही है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर विकास करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने पंचायती राज चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया है और अब नगर निगम चुनाव में भी पार्टी जीत हासिल करेगी उन्होंने कोरोना काल में राहत कोष का लेखा जोखा जनता के सामने लाने की सरकार से मांग की बैडमिंटन दो दिवसीय राज्यस्तरीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप आज कांगड़ा ज़िला के देहरा में शुरू हुई

उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में कोरोना से बचाव के सभी तय मापदण्डों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है